परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा एचआरटीसी को नई उंचाईयों तक ले जाना उनका लक्ष्य प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति का राहुल गांधी से पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापिस लेने का आग्रह पहली मई से रोहतांग का दीदार कर सकेंगे देश विदेश के पर्यटक महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाक्र ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपार जनसमर्थन के लिए जनता का आभार जताया है सुन्दरनगर उपमण्डल के प्रसिद्व मुरारी माता मेले के समापन अवसर पर एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी की जनहितैषी नीतियों और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार की विकास नीतियों को जनता ने दिल से स्वीकार किया है महेन्द्र सिंह ठाकुर ने इस मौके पर मुरारी माता मंदिर के लिए बनी कच्ची सड़क को पक्का करने और इस क्षेत्र में पेयजल समस्या दूर करने का भी आश्वासन दिया सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि एकल अभियान कार्यक्रम पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में भी शिक्षित स्वस्थ समर्थ और स्वाभिमानी भारत को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है सुरेश भारद्वाज आज शिमला में एकल अभियान की तीन दिवसीय प्रभाग कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे

गोविंद सिंह परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि वह राज्य पथ परिवहन निगम को नई उंचाईयों तक ले जाएंगे इस दिशा में कई अहम निर्णय लिए जा रहे हैं इनमें बस सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करवाने के साथ साथ निगम के कर्मचारियों की सुविधा के लिए व्यापक कदम भी शामिल है गोविंद सिंह ठाकुर आज कुल्लू में एचआरटीसी वर्कशॉप के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे कांग्रेस हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से अध्यक्ष पद से दिए गए त्याग पत्र को पार्टी व देशहित में वापिस लेने का आग्रह किया है इस संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की आज शिमला में हुई बैठक में सर्वसम्मति से सिंगल लाईन प्रस्ताव पारित किया गया बैठक को सम्बोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हारी जरूर है लेकिन हताश नहीं है उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के राहुल गांधी को अलग से पत्र लिखने पर भी चिंता जताई पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस मौके पर भाजपा पर लोकसभा चुनाव में धन बल और सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग का आरोप लगाया सेवादल कांग्रेस सेवादल की प्रदेश कार्यकारिणी की आज शिमला में हुई बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी के हार के कारणों की समीक्षा की गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए सेवादल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में सेवादल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाया जाएगा बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से इस्तीफा वापिस लेने का भी आग्रह किया गया निरीक्षण मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव व ग्रणवत्ता नियंत्रण दल के अध्यक्ष संजय कुंडू ने शिमला के विभिन्न स्थानों पर नगर निगम द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान संयज कुंडू ने निगम अधिकारियों को सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने को कहा कुंडू ने ये भी कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण दल शिमला की सड़कों व भवन निर्माण कार्यों की आने वाले सप्ताह में दोबारा जांच करेगा जिसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पेश की जाएगी लाहौल ठण्ड देश व प्रदेश के मैदानी हिस्से जहां इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है वहीं जनजातीय जिला लाहौल स्पिति के लोगों को अभी भी ठण्ड से निजात नहीं मिल रही है

लाहौल घाटी में इस बार सर्दियों में भारी बर्फबारी हुई है जिससे अधिकांश पहाड़ अभी भी बर्फ से पूरी तरह ढके हुए हैं रोहतांग कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटक पहली जून से रोहतांग घूमने जा सकेंगे कुल्लू के उपायुक्त युनूस ने कहा कि रोहतांग दर्रे के लिए सड़क की हालत में सुधार तथा सड़क किनारे जमी बर्फ हटाने से प्रशासन ने पहली जून से पर्यटकों को रोहतांग घूमने की अनुमति देने का निर्णय लिया है अभी तक पर्यटकों को मढ़ी तक ही जाने की ईजाज़त थी

इसके लिए पर्यटकों सहित अन्य लोगों को ऑनलाईन परमिट लेना अनिवार्य होगा डीसी शिमला शिमला शहर में पर्यटन सीज़न के दौरान याताया व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने इस संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को कार्य योजना का पालन सुनिश्चित बनाने को कहा

उपायुक्त ने पुलिस को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित बनाया जाए कि सभी बसें केवल अधिसूचित स्थानों पर ही रूकें खाद्य पदार्थ खाद्य वस्तुओं को बेचने और रखने के लिए भले ही सरकार ने अनेकों नियम और कानून बना रखे हैं लेकिन सोलन जिला मुख्यालय में जगह जगह इन नियमों को सरेआम तोड़ा जा रहा है स्थानीय लोगों को कहना है कि सड़क किनारे बेचे जा रहे विभिन्न खाद्य व पेय पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन लगातार लापरवाह बना हुआ है जिससे लोगों को मजबूरी में इनका सेवन करना पड़ रहा है

बाबा रामदेव और डॉक्टर जगत राम ने ये ईंट पीजीआई चण्डीगढ़ में आयोजित एक समारोह में अभियान के राष्ट्रीय संयोजक संजीव राणा को भेंट की बाबा रामदेव ने इस मौके पर कहा कि वह अपने शिष्यों के माध्यम से इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे डॉक्टर जगत राम ने कहा कि देशभक्ति और वीर सपूतों को सच्ची श्रद्वांजलि देने के लिए ये अभियान कारगर भूमिका निभा रहा है बीमा कुल्लू जिला में खरीफ सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा करवाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है कृषि उपनिदेशक राजपाल शर्मा ने कहा कि इस योजना के तहत बंदगोभी मक्की धान टमाटर और आलू की फसल का बीमा करवाया जा सकता है पेंटिंग क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में स्थित नशा निवारण केन्द्र के माध्यम से नशे से छुटकारा पाने वाले युवाओं ने आज अस्पताल के सभागार में पेंटिंग और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई नशा निवारण केन्द्र के चिकित्सक डॉक्टर सत्यव्रत वैद्य ने कहा कि इस पेंटिंग प्रदर्शनी में नशे की गिरफ्त में जकड़े युवाओं की मानसिक स्थिति को दर्शाने के साथ साथ ये भी बताया गया कि नशे की लत में फंसे युवा इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं